निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने समर्थकों संग डोर दू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर पच्छाद में गंगू राम मुसाफिर के पक्ष में जबकि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री धर्मशाला में पार्टी प्रत्याशी विजेन्द्र करण के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे नीति आयोग राज्यों के बीच सुशासन की स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कल पहली बार भारत नवाचार सूचकांक सूची जारी की

भारतीय नवाचार की परिकल्पना क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण करने के उददेश्य से की गई है सुचकांक का उददेश्य नवाचार रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज सोलन जिला के दौरे पर हैं जहां वे राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ से नशा मुक्ति रैली को रवाना करेंगे इस दौरान वे तीन दिवसीय जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले का शुभारंभ भी करेंगे पटाखे दीपावली के त्यौहार को देखते हए शिमला जिला प्रशासन ने शिमला शहर में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं तय स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिबंध लगाया गया है

कार्यालय के लेखा अधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि इस दौरान राज्य सरकार के पैंशनरों की पैंशन सामान्य भविष्य निधि और ऋण संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा उन्होंने पैंशनरों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पैंशन अदालत में भाग लेने का आग्रह किया है मौसम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की उंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात व निचले क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि व वर्षा से प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है जिससे सुबह शाम ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की सम्भावना जताई है जबकि मध्यम क्षेत्रों के कुछ भागों में गरज के साथ वर्षा और अधिक उंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बहुचर्चित टेक्नोमेक घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है टेक्नोमेक कंपनी के भगौड़े एमडी को रैड कॉर्नर नोटिस जारी अमर उजाला का शीर्षक है इंटरपोल का कंपनी के एमडी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस दैनिक भास्कर के शब्द हैं टेक्नोमैक कंपनी के मालिक राकेश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी दैनिक जागरण का कहना है दिल्ली निवासी आरोपित की अब विदेश में भी हो सकेगी गिरफ़तारी हिमाचल दस्तक के मुताबिक टेक्नोमैक घोटाले में इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस स्टेट सीआईडी के आग्रह पर इंटरपोल की कार्रवाई मंडी के स्कूल में जातिगत भेदभाव से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है मंडी में स्कूली बच्चों से जातिगत भेदभाव पर मुख्य सचिव को नोटिस दिव्य हिमाचल का शीर्षक है स्कूल में जातिगत भेदभाव पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण दैनिक जागरण के शब्द हैं स्कूल में जातीय भेदभाव पर सरकार से मांगा स्पष्टीकरण आपका फैसला के अनुसार सीएस सहित डीसी मंडी निदेशक उपनिदेशक हायर एजुकेशन और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी

शांता का समर्थन सत्ती ने किया लिटफेस्ट का विरोध शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कसौली को नहीं बनने देंगे देश विरोधी गतिविधियों का केन्द्र आयुर्वेद खरीद घोटाला मामले पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है गवाह को जान का खतरा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष एजेंसी से जांच मांगी आपका फैसला की एक खबर है सहकारिता सचिव रहे अनिल खाची व रजिस्ट्रार को नोटिस मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रोहतांग और चंबा के उपरी इलाकों में हिमपात मनाली में हुई बारिश अमर उजाला के शब्द हैं रोहतांग में हिमपात कुल्लू में गिरे ओले